प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे समारोह का उद्घाटन

चार मई से शुरू होंगी परीक्षाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल गोरखपुर के चौरी चौरा में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा घटना के सौ वर्ष पूरे होने पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है

राज्य सरकार ने सभी पचहत्तर जिलों में इससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये हैं प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि चार फरवरी को पूरे प्रदेश के विभिन्न गांव विद्यालयों और स्थलों में सुबह साढ़े आठ बजे से प्रभात फेरी निकाली जायेगी जोकि प्रमुख शहीद स्मारकों पर दस बजे पहुंचेगी इस प्रभात फेरी में एनएसएस एनसीसी सिविल डिफेंस स्काउट गाइड समाजसेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं के वलटियर्स को सम्मिलित किया जायेगा कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं शाम साढ़े पांच बजे से छह बजे तक स्वतंत्रता संग्राम स्थलों और शहीद स्मारकों सहित अन्य चिन्हित जगहों पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्र धुन बजायी जायेगी साढ़े शाम छह बजे दीप प्रज्वल का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा इस अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों और निजी प्रकाशकों के माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी समारोह को लेकर पुस्तकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जायेगी इस अवसर पर पूरे प्रदेश में स्वच्छता अमियान का भी आयोजन किया जायेगा कार्यक्रमों के दौरान जन प्रतिनिधियों मंत्रीगण और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके परिजनों को आमंत्रित करने के भी निर्देश दिये गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय बजट के सम्बंध में सभी विभागों को अपने अपने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को समय से भेजने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मंडियों में गोदाम की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाए श्री योगी ने मंडियों को ई नाम से जोडने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए श्री योगी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के अपने बजट में जल जीवन मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है इसे ध्यान में रखते हुए शहरी इलाकों की पेयजल की योजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र को समय से उपलब्ध कराए जाएं उन्होंने अमृत योजना के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के प्रस्ताव भी केन्द्र को प्रेषित करने के निर्देश दिए केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार संसद के भीतर और बाहर किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है कल लोकसभा में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष के हंगामे के बीच श्री तोमर ने कहा कि प्रश्नकाल में सूचीबद्ध कृषि मुद्दों पर कई सवाल थे और अगर सदन को काम करने दिया जाता तो ये मुद्दे उठाए जा सकते थे कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है आज भी प्रश्नकाल में बड़ी संख्या में प्रश्न रखे हैं और कृषि कल्याण से संबंधित थे कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है इसमें निश्चित रूप से सरकार का गांव का गरीब का किसान का तमाम सारा कामकाज होना है लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कल ई कैबिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों और अधिकारियों को ई कैबिनेट कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि ई कैबिनेट व्यवस्था लागू हो जाने के बाद मंत्रिपरिषद की कार्रवाई पेपरलेस हो जायेगी

इसके अलावा प्रधानमंत्री के मिनिमम गर्वमेंट मैक्सिमम गर्वनेंस के संकल्प के अनुसार कार्यो को संपादित करने में सुगमता और तेजी आयेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कक्षा छः से कक्षा बारह तक के विद्यालयों में अगले दस दिनों में पढ़ाई शुरू करने के सम्बंध में विचार किया जाए उन्होंने कहा कि स्थिति का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आयी है लेकिन अभी भी हर स्तर पर सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है उन्होंने कोविड नाइन्टीन की जांच का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किए जाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कृतसंकल्पित है केन्द्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है शिक्षामंत्री ने कहा कि दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं चार मई से शुरू होंगी परीक्षा तिथियों की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा गया है ताकि छात्रों को बिना तनाव के परीक्षाओं की तैयारी का समय मिल सके इसमें बहुत कोशिश की गई है कि आपके विषयों के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बीच समय को थोड़ा सा अंतर हो ताकि आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल सके और आप तनाव मुक्त रहें हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़े रहे और आपको कहीं तनाव न हो मानसिक दबाव न हो आप मस्ती के साथ अपनी तैयारियों को करें सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं चार मई दो हजार इक्कीस से भाषा की परीक्षाओं से शुरू होंगी तथा मुख्य विषयों की परीक्षा छह मई से होंगी अंतिम परीक्षा ग्यारह जून को आयोजित की जाएगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि कक्षा बारहवीं की परीक्षा दो पालियों में होगी पहली पाली सुबह दस बजकर तीस मिनट से डेढ बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर ढाई बजे से शाम साढे पांच बजे तक होगी देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक प्रदेश में सर्वाधिक टीके लगाये गये हैं राज्य में अब तक क्ल चार लाख तिरसठ हजार लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं इसके बाद क्रमशः राजस्थान कर्नाटक और महाराष्ट्र का स्थान है देश भर में अब तक उन्तालीस लाख पचास हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर सत्तानबे दशमलव शून्य पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेरह हजार चार सौ तेईस लोग स्वस्थ हुए इस दौरान आठ हजार छः सौ पचपन नये कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के मात्र एक सौ चौरासी नये मामले सामने आये

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि अब तक कोरोना से पांच लाख छियासी हजार नौ सौ सड़सठ मरीज उपचारित हो चुके हैं प्रदेश सरकार ने अमृत योजना के अन्तर्गत स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने कल लखनऊ में एक बैठक के दौरान कहा कि इस योजना के अन्तर्गत जो भी कार्य किये जा रहे है उनकी गुणवत्ता उच्चकोटि की होनी चाहिये उन्होंने जिलाधिकारियों से अमृत योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी पांच फरवरी तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं गौरतलब है कि इस योजना के अन्तर्गत राज्य में ग्यारह हजार चार सौ इक्कीस करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत है इस धनराशि में लगभग चार हजार नौ सौ बाईस करोड़ केन्द्रीय अंशदान है और लगभग तीन हजार सात सौ चौवालिस करोड़ रूपये राज्य का अंशदान है